उन्होंने राज्यों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और टीकाकरण के प्रधान सचिवों राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशकों और टीकाकरण अधिकारियों के साथ बातचीत की केंद्रीय कैबिनेट सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के पांच उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दे दी है मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति ने भारत पेट्रोलियम कार्परेशन लिमिटेड भारतीय जहाजरानी निगम भारतीय कंटेनर निगम उत्तर पूर्वी विद्युत ऊर्जा निगम लिमिटेड और टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड में कार्यनीतिक विनिवेश की मंजूरी दी इन सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त राशि का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए सरकार के सामाजिक क्षेत्र और विकास कार्यक्रमों में किया जाएगा

वित्तमंत्री ने कहा कि निजीकरण से पहले कंपनी से असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी को वापस लिया जाएगा यह रिफाइनरी किसी अन्य उपक्रम को दी जाएगी वहीं मंत्रिमंडल ने देश में प्याज की उपलब्धता बढ़ाने और कीमतों को काबू में रखने के लिए एक लाख बीस हजार मीट्रिक टन प्याज के आयात की मंजूरी दे दी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को यह जानकारी दी मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने एनजीटी के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानि एनजीटी के निर्देश पर अब प्रदेश में गंगा की स्वच्छता को लेकर शासन ने कड़ा रुख अपनाया है

उन्होंने कहा कि ऐसे प्रकरणों में यदि एनजीटी द्वारा राज्य पर अर्थदंड लगाया जाता है तो संबंधित विभागीय अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी होंगे बैठक में बताया गया कि रुद्रप्रयाग चमोली ऋषिकेश और गोपेश्वर में जिन नालों को टैप करने में समय लग रहा था प्राथमिकता के आधार पर बायो रिमेडिएशन के जरिये उनका ट्रीटमेंट कर लिया गया है और एसटीपी का कार्य पूरा होने पर नालों को इससे जोड़ा जाएगा मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एनजीटी के निर्देशों के क्रम में हर पखवाड़े में नमामि गंगे के कार्यो की समीक्षा करें इसमें एसटीपी में उपचारित सीवेज के मानकों की जांच घाटों की सफाई जैसे विषयों की निरंतर मॉनीटरिग की जाए

इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में मीडिया जगत को फेक न्यूज के प्रभाव से बचना होगा जिसके लिए आवश्यक है कि समाचार की सत्यता परखी जाय और उसके लिये उन विधियों की जानकारी का होना आवश्यक है जिससे हम वास्तविकता तक पंहुच सके

कुम्भ पर्व मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से आज मुख्यमंत्री आवास पर देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय यात्रा समिति के प्रतिनिधिमंडल ने शिष्टाचार भेंट की

मुख्यमंत्री ने समिति को इस सम्बन्ध में शासन स्तर से सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का आश्वासन दिया

इसकी शुरुआत में एप्रेन निर्माण किया जा रहा है हवाई अड्डे पर एप्रेन के कुछ हिस्सों का निर्माण पूरा हो जाने के बाद वहां विमान खड़ा करने के साथ ही उद्घाटन किया गया इस अवसर पर एप्रेन के नए हिस्से में विमान के पहुंचने पर पानी की बौछार के साथ स्वागत किया गया

वहीं दिल्ली के सबसे ज्यादा नजदीक होने के कारण देहरादून हवाई अड्डे का प्रयोग अब खराब मौसम या फिर किसी अन्य परिस्थति मे भी किया जा सकेगा

अब जल्द ही देहरादून एयरपोर्ट का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जायेगा बीमा योजना किसानों की फसल को क्षति से बचाने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की है इसके सफल संचालन के लिए आज रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल की अध्यक्षता में जिला सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया जिलाधिकारी ने कहा कि फसल की क्षति होने पर राज्य सरकार द्वारा एग्रीकल्वर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड को अधिकृत किया गया है

उन्होंने कहा कि फसल का बीमा करने के लिए आधार कार्ड बैंक पासबुक खतौनी नकल आदि दस्तावेजों का होना आवश्यक है

बैठक में मुख्य कृषि अधिकारी ने बताया कि फसल को ओलावृष्टि और मौसमी अन्य कारणों से क्षति का आंकलन कर मुआवजा भी प्रदान किया जा रहा है

उसके बाद विग्रह डोली मंदिर परिसर में आयी भगवान मद्महेश्वर की डोली ने अष्ट भैरव सहित अन्य देव निशानों के साथ मंदिर की परिक्रमा की

जिसके बाद डोली ने प्रथम पड़ाव गौंडार के लिए प्रस्थान किया

यह जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि इस बार के आयोजन में विशेष सत्र रखा गया है जिसमें पूरे देश से केवल उत्तराखण्ड और मध्य प्रदेश को स्थान दिया गया है जिसमें उत्तराखण्ड राज्य द्वारा लागू की गई फिल्म नीति एवं फिल्मों की शूटिंग को सरल बनाने के लिए अपनायी गई प्रक्रिया के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया जायेगा इसके अलावा उत्तराखण्ड राज्य में फिल्म शूटिंग हेतु दी जा रही सुविधाओं की जानकारी दी जायेगी गौरतलब है कि मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड राज्य फिल्मों की शूटिंग की दिशा में देश का प्रमुख केन्द्र बन रहा है इस आयोजन में देश विदेश के प्रसिद्व फिल्म निर्माता निर्देशक एवं विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है उत्तराखण्ड के प्रतिनिधिमण्डल में महानिदेशक सूचना डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट अपर निदेशक सूचना डॉ अनिल चन्दोला उप निदेशक केएसचौहान सुप्रसिद्ध अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी रूपदुर्गापाल और चित्रांशी रावत शामिल है स्लग विदाई समारोह देहरादून में आज जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ द्वारा सेवानिवृत्त शिक्षकों का विदाई सम्मान समारोह आयोजित किया गया जिसमें विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने संयुक्तरुप से शिरकत की विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता शिक्षक सेवा से सेवानिवृत्त होकर समाज में अपने अनुभव से अमूल्य योगदान देकर समाज में आपसी भाईचारे का संदेश देकर समाज को नई दिशा देता है शिक्षा मंत्री अरविन्द पांडे ने कहा कि समाज में शिक्षकों के योगदान को ध्यान में रखना और सेवानिवृत्ति पर उन्हें सम्मानित करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है इस अवसर पर उन्होंने सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित भी किया